केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने यीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित देश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं की ली जानकारी कोंडागांव जिले में आज दो माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया आत्मसमर्पण

संचार क्रांति योजना संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट फोन बांटने का काम तीस जुलाई से शुरू हो जाएगा जो सोलह अगस्त तक चलेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट फोन का वितरण सत्रह अगस्त से बाईस सितम्बर तक किया जाएगा संचार क्रांति योजना के तहत राज्य के पचास लाख लोगों को उच्च क्वालिटी का निशुल्क स्मार्ट फोन बांटा जाएगा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना दो हजार ग्यारह के अंतर्गत शामिल सभी गरीब ग्रामीण परिवारों और शहरी परिवारों की महिलाओं तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को मोबाइल स्मार्ट फोन दिए जाएंगे इसमें हर महीने एक जीबी डेटा और सौ कॉलिंग मिनट्स की निःशुल्क सुविधा मिलेगी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपने निकटतम ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जनपद कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं योजना के तहत दिए जाने वाले स्मार्ट फोन में राज्य शासन द्वारा गोठ के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाएगा जिसके माध्यम से लोग केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सूचनाओं की जानकारी ले सकते हैं गोठ एप्प में महिलाओं किसानों बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न विषयों की उपयोगी जानकारी भी शामिल रहेगी इसमें खेती किसानी कौशल विकास रोजगार शिक्षा और स्व सहायता समूहों से संबंधित योजनाओं का विवरण भी मिलेगा इसके अलावा गोठ एप्प में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति तथा घर परिवार पर आधारित कार्यक्रम भी देखे जा सकेंगे इस मोबाइल एप्प में किसानों को मौसम तथा खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी मिल सकेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि लगभग एक हजार पांच सौ मोबाइल टॉवर लगाकर राज्य में मोबाइल फोन के लिए नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया जाएगा केंद्रीय सचिव समीक्षा केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित देश के माओवाद और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जा रही शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने सड़क परिवहन रेलवे शिक्षा दूरसंचार सहित इन क्षेत्रों के आकांक्षी जिलों में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने केंद्रीय सचिव को बताया कि पिछले वर्ष राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में इक्कीस हजार से अधिक सोलर पम्प का वितरण किया गया है इस साल साढ़े उन्नीस हजार सोलर पम्प बांटे जाने का लक्ष्य है इसी तरह बस्तर संभाग के जिलों में कौशल विकास योजना के तहत आईटीआई के लिए भवन बनाए जाएंगे इसके अलावा माओवाद प्रभावित जिलों में संचार कनेक्टिविटी के लिए एक हजार से अधिक मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे कैबिनेट सचिव ने सुकमा और बीजापुर में रेलवे की चल रही परियोजनाओं के संबंध में भी जानकारी ली

इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग कन्याओं के लिए बचत की इस योजना का लाभ ले सकेंगे सुकन्या समृद्धि खाते पर अन्य लघ् बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि की तरह ही हर तिमाही में ब्याज दर संशोधित की जाती है जलकी प्रकरण जलकी जमीन मामले में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को यह कहते हुए निराकृत कर दिया है कि इस मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू जांच कर रही है तो अलग से जांच के आदेश का कोई औचित्य नहीं है गौरतलब है कि रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर जमीन पर कब्जा करने और पद का दुरुपयोग सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों ईओडब्ल्यू से जवाब तलब किया था

इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता हर दिन चार घंटे खेत में जाकर ब्यासी और रोपा के काम में किसानों का हाथ बंटाएंगे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का यह अभियान आगामी उनतीस जुलाई तक चलेगा

दोनों माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष भरमार बंदूक के साथ समर्पण किया ये माओवादी संगठन जनताना सरकार और जनमिलिषिया सदस्य हैं अग्निशमन सेवाएं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दस जिला मुख्यालयों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी इनमें बिलासपुर दुर्ग अंबिकापुर जगदलपुर जांजगीर चांपा कोरबा रायगढ़ राजनांदगांव और कबीरधाम जिला मुख्यालय शामिल हैं इन सेवाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट में गृह विभाग को विभिन्न श्रेणियों के करीब नौ सौ पदों में भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है इन पर लगभग नौ करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे इसके अंतर्गत बिलासपुर में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा राज्य आपदा प्रबंधन बल के लिए प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जाएगा विषाक्त भोजन बीमार कांकेर जिले के पखांजूर में कन्या छात्रावास में बीती रात चौबीस छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया घटना की खबर मिलते ही तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे ये सभी छात्राएं फिलहाल खतरे से बाहर हैं डॉक्टरों के मुताबिक विषाक्त भोजन खाने की वजह से इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिष को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इस बार ये अलर्ट बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग के लिए है इन संभागों में आगामी चौबीस घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज बारिष हो सकती है इस बीच राजधानी में कल दिनभर बारिश के बाद आज बारिश थमने से लोगों को राहत मिली उधर प्रदेश में एक दो दिनों से हो रही बारिश के कारण रायपुर और दूर्ग के अलावा अन्य जिलों में भी नदी नाले उफान पर हैं शिवनाथ महानदी सहित बस्तर संभाग की इंद्रावती डंकिनी शंखिनी और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है साथ ही रविशंकर जलाशय गंगरेल मिनीमाता बांगो बांध और मोंगरा बैराज सहित प्रदेश के तैंतालीस प्रमुख जलाशय पचास फीसदी तक भर चुके हैं रेलवे ब्रेललिपि ट्रेन में सफर करने वाले दृष्टिहीन यात्रियों के लिए रेलवे ने सभी जरूरी स्थानों पर ब्रेललिपि के संकेतक लगाने का फैसला लिया है रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन में भी यह सुविधा शुरू की गई है इसके अलावा दूर्ग भाटापारा भिलाई और तिल्दा स्टेशनों पर भी संकेतक लगाने का काम चल रहा है इसके साथ ही ट्रेनों में भी ब्रेललिपि के संकेतक लगाने का निर्णय लिया गया है खेलो इंडिया खेलो इंडिया प्रतिभा विकास योजना के तहत देश के सात सौ चौंतीस युवाओं का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया गया है इनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप भी शामिल हैं वहीं रायपुर के वेटलिफ्टर सुभाष लहरे भी खेलो इंडिया के एकेडमिक कैंप में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं स्कॉलरशिप योजना के तहत चुने हुए खिलाड़ियों को दस हजार रूपये महीने के हिसाब से साल में एक लाख बीस हजार रूपये दिए जाएंगे युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि खेल मंत्रालय एक ऐसी खेल प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए वैश्विक मंच मिले और प्रत्येक भारतीय मनोरंजन शिक्षा या उत्कृष्टता के लिए खेलों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानने के लिए प्रेरित हो संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रहे इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

इन कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया धमतरी में कल देर रात एक बारदाना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रूपये का बारदाना जलकर राख हो गया गोदाम के मालिक के अनुसार इस गोदाम में करीब पचास लाख रूपये का बारदाना रखा गया था